लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले जायेंगे दो दो हजार रूपये

प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी

अब तक पांच लाख तीस हजार से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुये लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं कोविड संक्रमण में बढोतरी जारी है हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और चौवालीस वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है सही समय पर दूसरी डोज लें इन तीन सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त जारी करेंगे हरेक लाभार्थी के बैंक खाते में दो दो हजार रूपये भेजे जायेंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे साढ़े नौ करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को उन्नीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी

कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुल एक हजार छह सौ दस करोड़ रूपये किसानों के बैंक खाते में भेजे जायेंगे कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने प्रदेश में लागू पूर्ण लॉकडाउन को पच्चीस मई तक बढ़ाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है और कोविड संक्रमण के नये मामलों में कमी आई है उन्होंने कहा कि पिछले पांच मई से लागू लॉकडाउन की समीक्षा के बाद इस अवधि को बढ़ाया गया है लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण केन्द्रों के साथ साथ सभी प्रकार के स्वास्थ्य संस्थान बैंक पेट्रोल पंप रसोई गैस एजेंसी और औद्योगिक इकाईयों समेत अन्य सभी आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह जारी रहेंगी इस बीच गृह विभाग ने सोलह मई से पच्चीस मई तक पूर्ण लॉकडाउन के दौरान क्छ नये प्रतिबंध भी लगाये गये हैं लॉकडाउन के दौरान आवश्यक द्वकानों के खुलने के समय में बदलाव किया गया है शहरी क्षेत्र में किराना फल सब्जी दूध और मांस मछली की दुकानें अब सुबह छह बजे से दिन के दस बजे तक ही खुलेंगी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों के खुलने का समय सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक निर्धारित किया गया है निर्माण सामग्री हार्डवेयर बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह बजे से सुबह दस बजे तक खुली रहेंगी शादी समारोह में पचास के स्थान पर अब अधिकतम बीस लोग ही शामिल हो सकेंगे लॉकडाउन के दौरान अन्य दिशा निर्देश और प्रावधान पूर्व की तरह लागू रहेंगे राज्य सरकार ने सरकारी कोविड अस्पतालों कोविड देखभाल केन्द्रों और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पर सामुदायिक रसोईघर संचालित करने का फैसला किया है

यहां मरीजों की देखरेख में लगे उनके संबंधी और परिजनों के लिये खाने पीने की व्यवस्था होगी निजी अस्पतालों को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस तरह की व्यवस्था करने की छूट दी गयी है प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से दैनिक कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में सात हजार सात सौ बावन नये मामलों की पुष्टि हुई इस अवधि में संतानवे हजार छह सौ चौंसठ कोविड नमूनों की जांच की गई संक्रमण की दर घटकर सात दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गई है कल सबसे अधिक पटना से एक हजार चार सौ पचासी कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है वहीं पच्चीस जिलों में सौ से अधिक नये मामले दर्ज किये गये एक दिन में ग्यारह हजार आठ मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर पांच लाख तीस हजार तीन सौ चौदह हो गई है स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरासी दशमलव एक पांच प्रतिशत हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है वहीं एक दिन में कोविड से नब्बे मरीजों की मौत हुई जिससे इस वैश्विक महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर तीन हजार पांच सौ तिरानवे हो गया है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या छियानवे हजार दो सौ सतहत्तर है एम्स पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोविड के शुरूआती लक्षण दिखने पर उन्हें होम आइसोलेशन में रहकर जरूरी दवाएं लेनी चाहिए

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल एक लाख अट्ठाईस हजार नौ सौ सत्रह लोगों का टीकाकरण किया गया इनमें से एक लाख दो हजार छह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि छब्बीस हजार नौ सौ ग्यारह लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई कल अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के अस्सी हजार चार सौ उनतालीस लाभुकों को टीके लगाये गये इधर देश में अब तक लगभग अठारह करोड़ लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविशील्ड वैक्सीन की दो खुराकों के बीच के अंतर को बढ़ाकर अब बारह से सोलह सप्ताह कर दिया है पहले यह अंतर छह से आठ सप्ताह का था मंत्रालय ने कहा है कि कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र भेज दिया गया है उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है केंद्र सरकार ने कहा है कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच भारतीय नागरिकों के लिए दो सौ सोलह करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पॉल ने कहा कि देश की पूरी जनसंख्या के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की संख्या पर्याप्त होगी और सभी के लिए उपलब्ध रहेगी उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार बाईस की पहली तिमाही तक वैक्सीन डोज की संख्या तीन सौ करोड़ हो जाएगी डॉ पॉल ने कहा कि इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड के पचहत्तर करोड़ और को वैक्सीन के पचपन करोड़ टीके उपलब्ध होने की संभावना है

कल पटना में पांच और नये मामलों की पुष्टि हुई इनमें पटना एम्स में एक का जबकि आईजीआईएमएस पटना में दो मरीजों का इलाज चल रहा है अन्य दो मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हैं गौरतलब है कि पूर्व में भी राज्य में ब्लैक फंगस के पांच मामले सामने आ चुके हैं पटना एम्स में सोलह मई को प्लाज्मा डोनेशन कैम्प का आयोजन किया जायेगा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नेहा सिंह ने बताया कि अठारह से पैंसठ साल आयु वर्ग के वैसे लोग जो कोरोना से कम से कम अट्ठाईस दिन पूर्व स्वस्थ हुये हों वे अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं इच्छुक लोगों को पंद्रह मई को दिन के दस बजे से शाम चार बजे तक अपना सैंपल एम्स जाकर जमा करना होगा उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि प्रदेश के दस अनुमंडलीय अस्पतालों में बियाडा ऑक्सीजन उत्पादन इकाईयों की स्थापना करेगा श्री हुसैन ने कहा कि इस में दो यूनिट इस महीने के अंत तक जबकि आठ यूनिट जून महीने के दूसरे सप्ताह तक काम करने लगेंगे आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना के शास्त्री नगर स्थित एक निजी नर्सिंग होम के संचालक और दो अन्य कर्मचारियों को ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया है पटना या देश के किसी भी शहर से महाराष्ट्र जाने वाले विमान यात्रियों के लिये कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया गया है बीएमसी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है एनसीईआरटी ने कोविड संक्रमण को देखते हये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के दूसरे चरण को स्थगित कर दिया है परीक्षा तिथियों की घोषाणा बाद में की जायेगी ईद उल फित्र का त्योहार आज सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है पवित्र रमजान महीने की समाप्ति पर यह त्योहार मनाया जाता है कोविड महामारी के मददेनजर इस बार ईदगाहों और मस्जिदों के बदले घरों में ही ईद की नमाज पढ़ी जा रही है धर्म ग्रूओं ने मुस्लिम भाईयों से अनुरोध किया है कि वैश्विक महामारी को देखते हुये अपने घर में ही ईद मनाएं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल फित्र के अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई देते हुए सभी लोगों के स्वस्थ और समुद्ध रहने की कामना की है राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तरी और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम विज्ञान कोन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि चक्रवाती परिसंचरण और निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है जिससे अगले चौबीस घंटों के दौरान बारिश में कमी आने की संभावना है

प्रभात खबर ने लिखा है पच्चीस मई तक बढ़ा लॉकडाउन शादी और श्राद्व में अब बीस लोगों को इजाजत दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है शहर में दुकानें सुबह छह बजे से दस बजे तक खुलेंगी दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रदेश में तेजी से घट रहे हैं नये संक्रमित हिन्दुस्तान की सुर्खी है स्वास्थ्य संविदाकर्मियों की हड़ताल समाप्त राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है कोविशील्ड का दूसरा टीका अब बारह से सोलह हफ्ते के बीच दैनिक आज ने देश में दो से अठारह आयु वर्ग पर को वैक्सीन के ट्रायल को अनुमति दिये जाने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है

लाभार्थियों के बैंक खाते में डाले जायेंगे दो दो हजार रूपये

प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी

अब तक पांच लाख तीस हजार से अधिक लोगों ने दी कोरोना को मात